एनजीटी ने शिमला प्लानिंग एरिया में अढ़ाई मंजिल से अधिक भवन निर्माण संबंधी राज्य सरकार की पुर्नविचार याचिका को किया खारिज

सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देशमर में महिलाओं की आधी आबादी है और महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का विकास सम्मव नहीं है राज्य महिला आयोग द्वारा शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम व सशक्त महिला सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए आज उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताते हुए कहा कि अगर महिलाओं को उचित अवसर मिले तो वे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराघों पर नजर रखने के लिए गुड़िया हैल्पलाईन और महिला सशक्तिकरण के लिए शक्ति ऐप्प शुरू की गई है मुख्यमंत्री ने इस मौके आयोग के लोगो का विमोचन किया और इसके डिजाईन बनाने में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया इस मौके पर महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के अवसर प्रदान करते हैं इस अवसर पर सामाजिक न्यायिक व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल और नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे परमार प्रदेश सरकार हिमाचल को हर्बल राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने आज पालमपुर क्षेत्र की भवारना पंचायत में आयुर्वेद और उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत उद्यान विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में ये बात कही

विपिन परमार ने युवाओं को कृषि व बागवानी के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए आगे आने का आहवान किया इस मौके लगाई गई फल प्रदर्शनी के विजेता बागवानों को उन्होंने नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया महेंद्र सिंह प्रदेश में बागवानी उत्पादन बढ़ाने और फल व खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक पैमाने पर अपनाने से किसानों बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कल सोलन जिले के परवाणू में एचपीएमसी का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्पादित फलों के संस्करण को व्यापक बढ़ावा देने के लिए राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत इस वर्ष दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया है उन्होंने निगम के प्रबंध निदेशक मदन चौहान को एचपीएमसी के उत्पादों के विपणन पर विशेष ध्यान देने और संयंत्र प्रबंधक को एक माह में कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए शिक्षामंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला जिले के ठियोग उपमण्डल की कथोग पंचायत में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन की आधारशिला रखी

इस मौके शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों से विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ प्रयास करने को कहा सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सरकार वचनबद्ध है एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने शिमला प्लानिंग एरिया में अढ़ाई मंजिल से अधिक मवन निर्माण संबंधी प्रदेश सरकार की पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया है प्राधिकरण की मुख्य खण्डपीठ के समक्ष आज हुई सुनवाई में पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने याचिका में आधारहीन बिंदु होने की बात कहकर उसे खारिज कर दिया अब शिमला प्लानिंग एरिया में अढ़ाई मंजिल से अधिक भवन निर्माण पर रोक लग गई है शहर व नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने यूएनआई को बताया कि राज्य सरकार फिलहाल एनजीटी की ताजा रिपोर्ट की प्रति मिलने का इंतजार कर रही है

अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा ने विभिन्न गतिविधियों और कार्यकुशलता में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी

बालनाहटा ने कहा कि सहकारी समितियां बैंक की ताकत हैं और उनके उत्थान व सशक्तिकरण के लिए बैंक हरसंभव प्रयास करेगा राम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना मंडी जिले के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार अपनाने की दिशा में मददगार साबित हुई है

मण्डी में केन्द्रीय योजनाओं की एक समीक्षा बैठक में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से जहां बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है वहीं बैंक का कार्य भी बढ़ रहा है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने के लिए बैंक सही दिशा में कार्य कर रहे हैं मेंट सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल की अध्यक्षता में सोलन कृषि उत्पादन विपणन समिति के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव कश्यप ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि समिति सोलन किसान समुदाय को लामान्वित करने के लिए समर्पण भाव से कार्य करेगी इस बीच राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल ने अघ्यक्ष खुशीराम बालनाहटा के नेतृत्व में शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की

श्रद्वालु मौत उत्तर भारत की सबसे कठिन श्रीखंड यात्रा के दौरान आज एक श्रद्वालु की कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के थाचड़ बेस कैम्प में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई मृतक की पहचान गुजरात के राजकोट जिला के कोठारी कलोनी निवासी राजेंद्र कुमार के रूप में की गई है एसडीएम चेत सिंह ने बताया कि शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए निरमंड अस्पताल लाया गया है

परविन्द्र शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने विभिन्न वार्डों में जाकर घरों का निरीक्षण किया और लोगों की पानी की टैंकियों की साफ सफाई करवाने के अलावा उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूक किया

सावन आज से पवित्र धार्मिक श्रावण माह शुरू हो गया है श्रद्वालु इस महीने सावन के व्रत रख कर विशेष पूजा अर्चना करते हैं पहले सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा राजधानी शिमला के मिडल बाजार स्थित एतिहासिक शिव मंदिर कालीबाड़ी संकटमोचन शिव बावड़ी सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए जुटना शुरू हो गए थे इस दौरान लोगों ने भगवान शिव का दूध दही जल और बिल पत्र चढ़ा कर जलाभिषेक किया मंदिरों में भजन कीर्तन और भंडारों का आयोजन पूरा महीना चलता रहेगा सोलन में शिव के सबसे प्रिय भक्त जंगम ने कहा कि भगवान शिव की पूजा का सावन माह में विशेष महत्व है और इससे श्रद्वालुओं को दोगुना फल मिलता है सावन महीने में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर भगवान शिव की अराधना करती हैं

उन्होंने कहा कि इसके अलावा पशु पालन भी किसानों की आय का मुख्य साधन बन चुका है